अब तक डेढ़ करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध निर्वाचन तय और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में आई गिरावट

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सरकार ने कहा है कि वर्च्रअल बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्द्धन भी बैठक में उपस्थित रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वे दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण आरएस रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि कोरोना संकट के समय मास्क लगाना अनिवार्य है और इसे नहीं लगाने वाले लोगों को कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या संतानवे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गयी है सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है इस समय पांच हजार पांच सौ चौसठ मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है सबसे अधिक दो हजार अठारह रोगी पटना में इलाज करा रहे हैं पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ दो रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं जबकि पांच सौ इकहत्तर नये रोगी भी सामने आये हैं राज्य में कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत से अब तक कुल दो लाख तीस हजार पांच सौ तीन रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में एक लाख छब्बीस हजार से अधिक परीक्षण भी किये गये हैं जिससे राज्य में अब तक किये गये परीक्षणों की कुल संख्या एक करोड़ पचास लाख से अधिक हो गयी है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की

दूसरा मास्क पहनकर रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी तीसरा खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है आखिरी चीजें पौष्टिक आहार खाइए बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए ताजा फल सब्जी और बादाम वगैरह उनसे भी काफी आपका इम्युनिटी बढ़ता है पटना एम्स में कोरोना के संभावित वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इस चरण के लिए अब तक पच्चीस स्वयं सेवकों ने अपना पंजीकरण कराया है एम्स प्रशासन ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में टीके के परीक्षण में भाग लेने की अपील की है लोग मोबाईल नम्बर नौ चार सात एक चार शून्य आठ आठ तीन दो पर अपना निबंधन करवा सकते हैं राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी सात दिसम्बर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं इस सीट के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन किया है श्री प्रसाद के नामांकन पत्र में दस प्रस्तावकों की सूची नहीं है जिस कारण उनका नामांकन पत्र रद्द होना तय है महागठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया है जिसे देखते हुये श्री मोदी की इस सीट पर जीत तय मानी जा रही है मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने हर घर नल का जल और गली नाली योजना के मेंटेनेंस के लिए तत्काल नीति तैयार करने और तंत्र विकसित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने पेयजल आपूर्ति समस्या का भी तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया पटना से आरा को जोड़ने वाले नवनिर्मित कोईलवर पुल पर कल से नौ दिसम्बर तक आवागमन बंद रहेगा भोजपुर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है दस दिसम्बर को पुल के विधिवत उद्घाटन के बाद आवागमन शुरू हो जायेगा पुल का उद्घाटन केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे केन्द्र सरकार भारत माला परियोजना के तहत प्रस्तावित पटना आउटर रिंग रोड के निर्माण के लिए चौदह किलोमीटर जमीन अधिग्रहण का खर्च उठायेगी इस पर लगभग नौ सौ करोड़ रूपये लागत का अनुमान है एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने यह जानकारी दी प्रदेश के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों और अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की तरह कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा इन विद्यालयों में पन्द्रह फरवरी दो हजार बारह से या उसके बाद स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को एक अक्टूबर दो हजार बीस के प्रभाव से योजना में शामिल किया जायेगा शिक्षा विभाग के अनुसार इससे लगभग बारह हजार शिक्षक लाभांवित होंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा है कि सरकार किसानों के सभी मुददों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है आंदोलनरत किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता के बाद श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई श्री तोमर ने कहा कि बातचीत का अगला दौर कल होगा

कृषि मंत्री ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्तकरने की अपील करते हुये कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जायेगा बाईट और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून की वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे वैसे तोएक्ट के जो प्रावधान है उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है एमएसपी के मामलेमें लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं लेकिन फिर भी यह कहना चाहता हूं एमएसपी चल रहीथी एमएसपी चल रही है आने वाले कल में भी चलती रहेगी केन्द्र सरकार ने किसानों से धान की खरीद को लेकर नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हरेक खरीद केन्द्र पर राज्य सरकार एक अधिकारी की तैनाती करेगी केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने के साथ साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जाए प्रदेश के किसानों को हार्वेस्टर से धान कटाई के लिए अब पास लेना होगा कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि उन्हीं किसानों को हार्वेस्टर से धान कटाई की अनुमति दी जायेगी जो किसान यह लिखित में देंगे कि धान कटाई के बाद खेत में वे पुआल नहीं जलायेंगे इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी साथ ही उनका निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा निबंधन रद्द होने के बाद किसान तीन साल तक कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे इधर पटना जिले के पांच प्रखंडों में छब्बीस किसानों पर खेत में पुआल जलाने के आरोप में कार्रवाई की गयी है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर के मौसम के रूख में तेजी से परिवर्तन हुआ है बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट आयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की भी सम्भावना बन रही है दिन के अधिकतम तापमान में कमी आयेगी और रात का तापमान एक से दो डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा अगले एक से दो दिनों तक अधिकतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस बने रहने की सम्भावना है अवैध बालू उत्खनन को लेकर आठ जिलों में पैंतीस जगहों पर खनन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की इस दौरान बयासी लाख रूपये का जुर्माना किया गया जबकि दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी गया जिले के इस्लामपुर के बखौरी उच्च विद्यालय के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने केन बम बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को जब्त किया है मौके से विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद की गयी लखीसराय जिले के सिमरातरी से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली रामावतार कोड़ा को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत महरजा भरौली गांव के पास अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और दस लाख रूपये के जेवरात लूट लिये परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल छह फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया अब तक छब्बीस फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है सीतामढ़ी जिले के नानपुर और रीगा थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो हजार सात सौ छत्तीस लीटर शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है धन शोधन और देश विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग के आरोपों में पीएफआई के खिलाफ पूर्णियां और दरभंगा में छापे दैनिक भास्कर ने लिखा है एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की तैयारी जदयू के सात निश्चय पार्ट टू की योजनाए रहेंगी तो भाजपा का फ्री वैक्सीन रोजगार का वादा भी दैनिक जागरण की सुर्खी है हर घर नल का जल की होगी मॉनिटरिंग प्रभात खबर में लिखा है कोरोना पर सर्वदलीय बैठक आज दैनिक आज की सुर्खी है मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का वेतन पन्द्रह प्रतिशत बढ़ा राष्ट्रीय सहारा ने लव जिहाद पर बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

अब तक डेढ़ करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निर्विरोध निर्वाचन तय और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में आई गिरावट